देश भर में लोग अपने घरों के अंदर

सभी दुकाने रही बंद वाहन भी नहीं चले

समूचा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आज जनता कर्फ्यू का पालन कर रहा है जनता कर्फ्यू स्वैच्छिक अभियान है जो सुबह सात बजे से शुरू हुआ और रात नौ बजे तक चलेगा इस दौरान सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेगा या सीमित तौर पर इसका प्रचालन होगा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकानों को छोड़ कर सभी बाजार और दुकानें बंद रहेंगी कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री की अपील पर जनता कर्फ्यू का राजधानी रांची सहित राज्यभर में आमजनों का समर्थन मिल रहा है सुबह सात बजे से अधिकाष जिलों में दुकाने बंद रहीं और सड़कों पर वाहन नहीं चले

सभी जिलों में स्वतः बंद की जानकारी मिल रही है

श्री मोदी ने लोगों से किसी भी प्रकार की यात्रा से बचने की अपील की है

चाहे डॉक्टर्स हों नर्सेस हों हॉस्पिटल का स्टाफ हो सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हों एयरलाइंस के कर्मचारी हों सरकारी कर्मचारी हों पुलिस कर्मी हों मीडियाकर्मी हों रेलवे बस ऑटो रिक्शा की सुविधा से जुड़े लोग हों होम डिलीवरी करने वाले लोग हों ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरो की सेवा में लगे हुए हैं हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बाल्कनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर शाम को पांच बजे पांच मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त ताली बजाकर थाली बजाकर घंटी बजाकर करे

इसका उद्देश्य देश भर में जांच सुविधाओं में सुधार लाना है निजी प्रयोगशालाएं आईसीएमआर के तहत काम करेंगी दिशा निर्देशों के अनुसार योग्य चिकित्सकों की सिफारिश पर ही निजी प्रयोगशालाएं जांच करेंगी